पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में हुआ बदलाव

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए बेगूसराय जिले के पिंटू कुमार के निकटतम आश्रितों को पच्चीस लाख रूपये की अनुग्रह राशि दिये जाने का आदेश दिया है यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी वहीं जिलाधिकारी ने तत्काल शहीद की पत्नी को ग्यारह लाख रुपए का चेक प्रदान किया है इंस्पेक्टर पिंटू कुमार सिंह शनिवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गये थे उनका अंतिम संस्कार कल बेगूसराय में उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे चरण में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में पांच पांच किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जायेगा पथ निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि योजना में पच्चीस सौ किलोमीटर सड़कों के विकास करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें मधेपुरा पश्चिम चंपारण कैमूर अरवल जहानाबाद रोहतास और आरा में सड़कों का चयन कर लिया गया है अधिकारी ने कहा कि इस अंतर्गत स्कूल कॉलेज और अस्पताल के आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण किया जायेगा मौसम विभाग ने राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दो दिनों तक तेज हवा चलने की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई हिस्सों में ब्रंदाबादी हो रही है मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश की उपरी हवा में नमी मौजूद है जबकि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण निचली परत में भी नमी की मात्रा बढ़ती जा रही है वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च के दूसरे सप्ताह से मौसम धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राजधानी पटना में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलायी गयी है बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ लोकसभा चूनाव में सीट चयन पर चर्चा करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी चालीस सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति भी बनाई जायेगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आधार के स्वैच्छिक उपयोग अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है अध्यादेश में मोबाइल सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने के लिए पहचान प्रमाण के तौर पर आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति दी गई है पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल ने आधार और दो अन्य कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी थी इन संशोधनों में आधार के उपयोग के निर्धारित नियमों और निजता के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है राज्य के उन्नीस बीएड कॉलेजों में सत्र दो हजार उन्नीस बीस में छात्रों का नामांकन नहीं होगा बीएडसीईटी के राज्य नोडल पदाधिकारी ने बताया कि इन कॉलेजों ने विश्वविद्यालय से संवद्धता और एनसीटीई से मान्यता का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि बीएडसीईटी की वेबसाइट पर इन कॉलेजों की सूची डाल दी गयी है आज महाशिवरात्रि है राजधानी पटना सहित प्रदेश के शिवालयों में विशेष प्रजा अर्चना की जा रही है महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों को आकर्षक रूप से सजाया गया है सुबह से ही श्रद्धालु राज्य के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं कई धार्मिक संगठनों द्वारा भगवान शिव की बारात और झांकियां निकालने की तैयारी की गयी है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी चंपारण के अरेराज शिव मंदिर रोहतास जिले के गुप्ताधाम भागलपुर के सुल्तानगंज और सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर स्थित शिव मंदिर में श्रद्वालुओं की विशेष भीड़ देखी जा रही है उधर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर राज्य और देश के लोगों को बधाई और श्भकामनाएं दी हैं पटना गया रेलखंड के सभी हॉल्ट और फ्लैग स्टेशनों को अपग्रेड कर दिया गया है जिससे रेलवे ने इन उनतीस स्टेशनों पर सभी सवारी गाड़ियों को रोकने का निर्देश जारी किया है पहले इन स्टेशनों पर सवारी गाड़ियां नहीं रूकती थी भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि राज्य में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों की संख्या चार लाख बहत्तर हजार हो गयी है पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति दस साल तक के उम्र की लड़कियों के लिये एक वर्ष में न्यूनतम दो सौ पचास रूपये का निवेश इस योजना का लाभ ले सकता है पटना में खेले जा रहे राज्य स्तरीय एकलव्य खेलों में कबड्डी स्पर्धा के बालक और बालिका वर्ग में पटना की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है आज बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले में पटना की भिड़ंत मुंगेर से होगी वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में पटना की टक्कर बेगूसराय से होगी इधर फुटबॉल के मुकाबले में पूल ए से पटना और मोतिहारी और पूल बी से गया और बेतिया की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गयी हैं राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र से चोरों ने छह फ्लैटों का ताला तोड़कर लगभग पांच लाख की संपत्ति चुरा ली पुलिस मामले की छानबीन कर रही है लखीसराय जिले में एसटीएफ और जिला पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली चंद्रिका कोड़ा से पूछताछ की जा रही है मुजफ्फरपुर आर्मी भर्ती बोर्ड के अधीन सेना बहाली के लिये दूसरे चरण की लिखित परीक्षा अठाईस अप्रैल को होगी इस परीक्षा में बोर्ड के अंतर्गत आने वाले आठ जिलों के अभ्यर्थी जो पहले चरण में शामिल नहीं हो सके हैं और मेडिकल फिटनेस में सफल हो चुके हैं परीक्षा में शामिल होंगे सीवान जिले में मैरवा दरौली मुख्य मार्ग पर कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी

शेखपुरा जिले में कुसुंबा के गुरौनी गांव में खेत पर जा रहे एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उस पर सवार चार लोगों की मौत हो गयी जबकि चौबीस लोग घायल हो गये

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राजधानी पटना में आयोजित संकल्प रैली की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के बयान पर लिखा है चिंता मत करिये चौकीदार चौकन्ना है दैनिक भास्कर की बड़ी सुर्खी है सिपाही भर्ती परीक्षा से लौट रहे युवक के दोनों पैर ट्रेन से कटे पर हिम्मत नहीं हारी मोबाईल से खुद घर वालों को दी सूचना दैनिक जागरण ने शहीद पिंटू के अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़ बेटी ने दी मुखाग्नि को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर की बड़ी खबर है अठारह वर्ष बाद आज सोमवार को पड़ रही महाशविरात्रि आज अखबार ने जैश सरगना मसूद अजहर मारा गया को बड़ी खबर बनाया है

पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में हुआ बदलाव